जीएसटी रिफंड को प्री तहर से स्वचलित करने का भी प्रयास जारी है

केन्द्र सरकार देश में कर प्रणाली को ओर सरल बनाने पर काम कर रही है नई दिल्ली में जीएसटी क्रियान्वयन के एक वर्ष विषय पर आयोजित सभा में बोलते हए वित्त सचिव हसम्ख् अधिया ने कहा कि केन्द्र जीएसटी रिफंड को पूरी तरह स्वचालित करने का भी प्रयास कर रहा है और सरलीकरण लाकर हमने काफी क्छ पा भी लिया है उन्होंने कहा कि देश मे अन्य आर्थिक सुधारों के लिए जीएसटी में सुधार की जरूरत है श्री अधिया ने कहा कि जीएसटी लागू करने का श्रेय बहत से लोगों को जाता है

राज्यपाल ने आज चंडीगढ़ स्थित राजभवन में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह मे सम्बधित सरपंचों को सम्मानित किया कार्यक्रम के कन्द्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल ग्र्जर व हरियाणा के पंचायत मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ सहित कई अधिकारी मौजूद थे हरियाणा के म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने इस वर्ष आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मे गुजरात को भागीदार राज्य के रूप में आंमत्रित करने के लिए ग्जरात के मुख्य मंत्री विजय रूपाणी को पत्र लिखा है ग्जरात सरकार की स्वीकृति मिलते ही दोनों राज्य इस अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव की तैयारियां श्रू कर देंगे

जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा आज सुबह दक्षिण कशमीर के अंनतनाम जिले से पारंपरिक पहलगांव मार्ग से फिर श्रू हुई फिलहाल बालटाल मार्ग से यात्रा अभी स्थिगत ही है अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अधिकारी ने आकाशवाणी को बताया कि आज स्बह तड़के नूनवां बेस कैंप से छियालिस सौ से अधिक तीर्थ यात्री चंदनवाड़ी की ओर निकले खराब मौसम तथा बेस केंप ओर सहायक कैंप मे यात्रियों की बढ़ती संख्या के दृष्गित श्राइन बोर्ड ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपना कार्यक्रम इसी के अन्सार बनाये श्राईन बोर्ड के अध्यक्ष तथा जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एन एन वोहरा बेस कैंप व अन्य कैंपस का दौरा कर रहे है कल शाम तक अड़सठ हजार से अधिक यात्री पवित्र ग्फा में शिवलिंग के दर्शन कर च्के है केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में अब दो पहिया महिला वाहन चालकों के लिए हेलमट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है

पर्यटन मंत्री श्री राम बिलास शर्मा कल इसका विधिवत उदघाटन् करेंगे और कृषि मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ परसो शाम प्रस्कार वितरण तथा समापन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे

पलवल मे आज दो विभिन्न घटनाओं मे ट्रेन की चपेट में आने से दो य्वकों की मौत हो गई द्र्घटना पलवल हसनपुर रोड पर गांव मेहर का ंनंगला के पास एक अनियत्रित ट्रैक्टर ने तीन लड़को को रौंद दिया जिसमे एक य्वक की मौके पर मौत हो गई व दो अन्य गंभीर रूप से घायल है प्लिस ने मामला दर्ज कर लिया है जगाधरी नारायण मार्ग पर सढौरा के निकट एक एसयूवी गाड़ी का संत्रलन बिगड़ने से गाड़ी टैंकर से टकार गई जिससे हादसे में दो भाई समेत सात लोगों की मौत हो गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल गये है जो पीजीआड़ चंडीगढ़ में उपचाराधीन है पुलिस ने शवो ं को पोस्टमार्टम के लिये भैजकर जांच श्रू कर दी है हरियाणा के वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यू ने बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन का नाम अमर शहीद राजा नाहर सिंह के नाम रखने की मांग की है बल्लभगढ़ की सामाजिक संस्थाओं और गणमान्य नागरिकों ने वित्तमंत्री को पत्र लिखकर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने की मांग की थी वित्त मंत्री ने सभी पत्रों को संग्लन कर म्ख्यमंत्री को इस आश्य का पत्र लिखा है और उम्मीद जताई है कि जनभावना के दृष्टिगत बल्लभगढ़ मेट्रो का नमद राजा नाहर सिंह के नाम रखा जायेगा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं प्रशासन के सहयोग से आज करनाल के गांव बसताड़ा में अधिकार मेला लगाया गया जिसमें हजारों वंचित लोगों ने अपने प्राशसनिक कार्य करवायें पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय क्मार मित्तल ने पत्रकारों को बताया कि प्राधिकरण दवारा प्रदेश में अबतक ऐसे चार अधिकार मेले लग च्के है और यह पांचवा आयोजन था इस मौके लोक अदालत भी लगाड्र गई और अधिकार मेले मे रोज़गार मेला चिकित्सा निश्ल्क जांच कैंप भी लगाया गया फरीदबाबाद ग्रूग्राम रोड पर आज तड़के फरीदाबाद व ग्रूग्राम प्लिस की संय्क्त प्लिस टीम द्वारा दो नाईजीरियन य्वकों से पूछताछ के दौरान की म्ठभेड़ में एक नाईजीरियन नागरिक मार गया फरीदाबाद प्लिस कमिश्नर के के राव के अन्सार सड़क पर पूछताछ के दौरान एक नाइजीरियन ने भागने की कोशिश की और उस द्वारा पुलिस पर गोली चलाने के दौरान उसकी मौत हो गई उसे स्वयं की पिस्तौल से चलाई गोली ही लगी जिससे वो घायल हो गया और बाद में अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया